प्रदेश में बच्चों में खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम के लिए विशेष टीकाकरण अभियान आज से हो रहा है शुरू

प्रक्षेपण से पहले कल किये गए सभी परीक्षण मिशन मानकों के अनुरूप रहे

लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी धूवे पर दो गड्ढों के बीच उंचाई वाले हिस्से में उतरना है चंद्रमा के रहस्यों का पता लगाने की क्षमता के अलावा यह मिशन देश के युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है

एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से नमो एप पर विशेष रूप से बनाये गए ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये विचार और सुझाव लाल किले की प्राचीर से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों द्वारा सुने जायेंगे

यह श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी होगी ये कार्यकम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा प्रदेश में बच्चों में खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम के लिए आज से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान में आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाएगा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने कहा है कि कोटा शहर को अगले पांच साल में देश का सबसे हराभरा शहर बनायेंगे

प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के बाद अब चूरू जिले में भी टिड्डी दल ने धावा बोल दिया है हमारे संवाददाता ने बताया कि इसकी वजह से किसानों की चिंता बढ गई है

उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कल बीकानेर में निःशुल्क स्टूडेन्ट एडवाइजरी ब्यूरो का उद्घाटन किया इस सबसेन्टर के माध्यम से बीकानेर का कोई भी विद्यार्थी करियर संबंधी मार्गदर्शन निःशुल्क प्राप्त कर सकेगा बाड़मेर में प्रदेश का पहला कैक्टस पार्क बनाया गया है जिसे जल्द ही जनता के लिये खोल दिया जायेगा

झालावाड जिले में कल दो अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई पहला हादसा बिलखेडी गांव में हुआ ं जहां खेत में काम करते समय पिता और पुत्र की बिजली गिरने से मृत्यु हुई वहीं सुनेल में भी दो लोगों की खेत में काम करते समय बिजली गिरने से मौत के समाचार है प्रदेश में कुछ इलाके जहां बारिश के इंतजार में है वहीं कई स्थानों पर अच्छी बारिश के समाचार है

इस बारिश के बाद सडको पर पानी भर गया और निचले इलाकों के कुछ घरों में पानी घुस गया

उधर बाडमेर और सिरोही जिले में कले अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली इसके साथ ही फसलों को भी जीवनदान मिलने की उम्मीद है जालोर जिले में श्रावण मास में बारिश का दौर शुरू हो गया है

वहीं कल प्रतापगढ जिले में लम्बे इंतजार के बाद झमाझम बारिश हुई

इस अवसर पर प्रदेशभर के शिवालयों में भक्तों की भीड उमड रही है लोग बिल्व पत्र और दूध से शिवजी का जलाभिषेक कर रहे है